इस दौरान वे विभिन्न विकास कार्यों का श्भारंभ करेंगे मुख्यमंत्री का परवाणु में एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला में होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे इस दौरान विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों पर चर्चा के अलावा कई अहम मामलों पर मुहर लग सकती है मिशन इन्द्व धनुष गहन मिशन इन्द्र धनुष का दूसरा चरण आज देशभर में शुरू हो रहा है केन्द्र सरकार की इस प्रमुख योजना का उद्देश्य दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को काली खांसी टिटनेस पोलियो टीबी खसरा और हेपेटाइटिस बी से बचाव के टीके लगाना है

यह चरण इस वर्ष दिसंबर से अगले वर्ष मार्च तक चलेगा

गोविंद वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार जनजातीय क्षेत्रों के समग्र व संतुलित विकास को लेकर प्रतिबद्ध है वे कल शिमला में जनजातियों को का्रननी अधिकार व सतत् विकास पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे वन मंत्री ने विभिन्न पर्यावरण संरक्षण से सम्बंधित संगठनों से गहन विचार विमर्श कर उनके सुझाव भी लिए उन्होंने सामाजिक संगठनों व पर्यावरणविदों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी समस्याओं के प्रति सकारात्मक द्रष्टिकोण अपनाएगी सभाष ठाकर विधायक सुभाष ठाकुर ने कल बिलासपुर में ज़िला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का श्भारम्भ किया उन्होंने इस मौके पर खिलाड़ियों और आम जनता को सम्बोधित करते हए कहा कि प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है सुभाष ठाक्र ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा प्रदान कर राष्ट्र निर्माण में लगाना जरूरी है उन्होंने युवाओं को खेलों में कैरियर बनाने की भी सलाह दी

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री और अमिताभ बच्चन से मुलाकात की खबर को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है अमिताभ हिमाचल में फिल्म सिटी निर्माण में मदद को तैयार शीघ्र होगा फिल्म सिटी का निर्माण अमर उजाला का शीर्षक है प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने को सीएम ने बिग बी से लिये टिप्स दैनिक जागरण के शब्द हैं फिल्म सिटी के लिये बिग बी करेंगे मदद दिव्य हिमाचल के मुताबिक हिमाचल की खूबसूरती के कायल हुए बिग बी दैनिक भास्कर ने लिखा है अमिताभ बच्चन से मिले सीएम जयराम ठाकुर फिल्म सिटी बनाने पर हुई बात

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के बयान को हिमाचल दस्तक ने शीर्षक दिया है स्कूली कार्यक्रमों में शॉल टोपी पहनाई तो होगी कार्रवाई फिजूलखर्ची के बजाय स्कूल के विकास पर खर्च करें पैसा

नए साल का स्वागत जंजैहली की वादियों में करेंगे पर्यटक हिम पैराडाइज संस्था दे रही आकर्षक पैकेज दैनिक सवेरा टाइम्स की खबर है

अमर उजाला की एक खबर है स्टोर में दीमक के लिये सजा दीं लाखों रुपये की किताबें राज्य कला संस्कृति भाषा अकादमी का कारनामा